इसे इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा उन्होंने जीएसटी के बारे में कई व्यापार संगठनों की शंकाओं के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिये है कि वे इन शंकाओं को दूर करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से जिला और स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित करें मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में होगी

इस बीच मुख्यमंत्री राज्य प्लानिंग बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे मुदा स्वास्थ्य कार्ड मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मिट्टी के पोषक तत्वों में आ रही कमी की समस्या से निपटना है

मृदा परीक्षण के बाद किसानों की पैदावार बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अलग अलग राज्यों को एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता पर्यटन रीति रिवाज और खान पान के बारे जानकारी दी जा रही है इसके तहत हिमाचल को केरल के साथ जोड़ा गया है केरल पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है कोवलम यहां का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समुद्र तट है जिसके साथ तीन समुद्र तट जुड़े हुए हैं

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देखने के लिए अनेक स्थान हैं जैसे नेपियर म्यूजियम श्री चित्रा आर्टगैलरी और पद्मनाभस्वामी मंदिर सैमिनार रिजनल फारेंसिक साईंस लैबोरेटरी नार्दन रेंज द्वारा डिजिटल एविडेंस में उभरती प्रवृत्तियां विषय पर धर्मशाला में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की सेमिनार में जांचकर्ताओं और प्रोसिक्यूटर को कम्प्यूटर व मोबाइल फोन में डाटा एकत्रित करने संबंधी जानकारी दी गई इस दौरान जांचकर्ताओं को डिजिटल एविडेंस इकट्ठे कर उन्हें संरक्षित कर अदालत में पेश करने के बारे भी बताया गया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमण्डल की होने वाली बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है जयराम मंत्रिमण्डल की आज होगी बैठक हिमाचल दस्तक ने लिखा है राज्यपाल अभिभाषण को आज मंजूरी देगी कैबिनेट नई पंचायतों के गठन पर भी हो सकती है बैठक में चर्चा दैनिक भास्कर के शब्द हैं नक्शा जमा करने के साथ एनओसी देने की शर्त आज ख़त्म कर सकती है सरकार टीसीपी विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव आज मंत्रिमण्डल की बैठक में पेश होगा मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है ठेठ हिमाचली हूं प्रदेश के हित से नहीं होने द्रंगा खिलवाड़ इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर प्रदेश को बेचने के आरोपों पर पलटवार अजीत समाचार के शब्द हैं जनमंच जनता से संवाद हेतु बेहतरीन प्लेटफार्म मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल के आठ ज़िलों में बिजली गिरने व तूफान की चेतावनी

पंचायत ने किया था पति पत्नी का बहिष्कार अब बच्चे का नाम नहीं कर रहे दर्ज बुलानी पड़ी पुलिस एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज पंजाब केसरी की खबर है